केंद्रीय बजट दो हजार बीस इक्कीस पेश करने के बाद संवाददाताओ से बातचीत में सुश्री सीतारमण ने कहा कि सरकार यह भी चाहती है कि आयकर प्रक्रिया सरल हो और कर अनुपालन में बढ़ोतरी हो उन्होंने कहा कि करदाता अध्याय एक प्रमुख कदम है जो ईमानदार करदाताओ का सम्मान सुनिश्र्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरुप है उन्होंने कहा कि सरकार के लिए यह जनता के विश्वास का सम्मान है वित्त मंत्री ने कहा कि खपत मांग निजी निवेश और सार्वजनिक खर्च में बढ़ोतरी के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में आधा प्रतिशत की रियायत देनी पड़ी है उन्होंने कहा कि राजकोषीय जिम्मेदारी का उल्लंघन किए बिना राजस्व पर और दबाव बढ़ाना संभव न होने को देखते हुए यह फैसला किया गया है सुश्री सीतारमण ने कहा कि कॉरपोरेट कर में कटौती और नई कंपनियों द्वारा उसका लाभ उठाए जाने तथा जीएसटी की वसूली में सुधार से राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि विनिवेश में सुधार से अगले वर्ष राजकोषीय घाटा कम करने में सहायता मिलेगी वित्त मंत्री ने कहा कि यह पहला अवसर है जब देश में इतने महत्वपूर्ण और ठोस सुधार बजट में प्रस्तावित किए गए है इनसे बांड बाजार में मजबूती आएगी इससे पहले कल संसद में बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने बजट को प्रौद्योगिकी और युवा वर्ग के विकास पर केंद्रित बताया उन्होने कहा कि बजट के तीन प्रमुख भाग है पहला आकांक्षी भारत यानि शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार क्षेत्र पर विशेष ध्यान दूसरा सबके लिए आर्थिक विकास और तीसरा संरक्षित समाज कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दो हजार बाइस तक किसानों की आय दोगुनी करना सरकार की प्रतिबद्धता है

आकाशवाणी से बातचीत में भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के महानिवेशक चंद्रजीत बैनर्जी ने कहा कि कारोबार सुगमता के लिए बजट में कई उपाय किए गए है भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की ने कहा कि केंद्रीय बजट नागरिको उद्योग जगत और पूरे राष्ट्र को सभाक्त बनाने में सहायक होगा फिक्की की अध्यक्ष संगीता रेड़डी ने कहा कि व्यक्तिगत आयकर में कटौती से लोगो को राहत मिलेगी उन्होंने कहा कि बजट प्रावधानों में भरोसा व्यक्त करना महत्वपूर्ण है और फिक्की वित्त मंत्री की घोषणाएं लागू किए जाने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है आकाशवाणी से बातचीत में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के उपाध्यक्ष विनीत अग्रवाल ने कहा कि बजट से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी उन्होंने व्यक्तिगत आयकर में कटौती की सराहना करते हुए कहा कि इससे लोगो की क्रय शक्ति बढ़ेगी और उपभोग को बढ़ावा मिलेगा राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उपमुख्यमंत्री चउना मेन ने आदी समुदाय का पर्व डोंगिंग के अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाए दी है अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि यह पर्व हमारी सदियों से चली आ रही प्रानी सांस्कृतिक विरासत और परम्परा को आगे ले जाती है उन्होंने राज्य के प्रत्येक नागरिकों विशेषरुप से युवाओ को त्योहार में भाग लेने और इसकी संरक्षण करने का आह्वान किया

कोरोना वायरस के लिए परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए इस व्यक्ति को अल्पडा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अलग वार्ड में रखा गया है उस पर निगरानी रखी जा रही है पता चला है कि रोगी ने चीन की यात्रा की थी राज्य की स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि रोगी की हालत स्थिर है और संक्रमण की प्रष्टि अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षबर्धन ने कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की कैविनट सचिव ने भी स्वास्थ्य नागरिक उड्डयन वस्त्र औषधि निर्माण स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और विदेश व्यापार महानिदेशालय के सचिवों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की

सड़क को बंद रखने के दौरान निरजुली से बंदरदेवा तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी और सभी वाहनों को गुमतो सड़क की ओर मोड़ दिया गया था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 आज का अधिकतम तापमान बीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बारह दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटो के दौरान दो दशमलव दो मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई